एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षो में निवेश के साथ विकास को बढ़ावा देना है श्री मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाया जाएगा श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा व्यापार को सुगम बनाने के अधिक उपाय किए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार के मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराये जाने से आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है

जावडेकर इंदौर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर को देश में शामिल कराना भी केन्द्र सरकार का लक्ष्य है आज इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में श्री जावड़ेकर ने बताया कि इसके लिये संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है

श्री जावड़ेकर ने दावा किया कि घाटी में आतंकवाद और अलगाववादी घटनाएं बढ़ने के लिये इन धाराओं को न हटाया जाना प्रमुख कारण रहा है

उन्होंने लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी श्रावण सोमवार श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार पर आज राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की चौथी सवारी निकाली जा रही है सवारी के रवाना होने के पूर्व मंदिर के सभामंडप में महाकालेश्वर की पूजा की गई खंडवा के ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने नर्मदा में स्नान किया और भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकाली गई वहीं आगरमालवा जिले के प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय श्रीबैजनाथ महादेव की भी शाही सवारी निकाली गई उमरिया सतना रीवा सीधीग्वालियर मुरैना शिवपुरी शाजापुर सहित सभी जिलों के शिवमंदिरों में सुबह से ही भक्तों का शिव मंदिरों में आने का सिलसिला शुरू हो गया था कई जगह पर मेले और भण्डारे आयोजित किये जा रहे हैं शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है ईद उल अजहा कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज पूरे प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी भोपाल में ईदगाह में विशेष नमाज पढ़ी गई नमाज़ से पहले शहर काजी ने स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को मज़हबी तकरीर के माध्यम से बताया इंदौर में सबसे पहले ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी गई टीकमगढ़ धार खंडवा जबलपुर बड़वानी रायसेन विदिशा होशंगाबाद शहडोल छतरपुर और देवास सहित प्रदेश भर से ईद उल अजहा का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं ईद और पवित्र श्रावण महीने का आखिरी सोमवार एक ही दिन होने से पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सीएम बधाई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश की प्रमुख औद्योगिक संस्था फिक्की द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस को तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने पर प्रदेश पुलिस और पुलिस महानिदेशक को बधाई दी है मुख्यमंत्री श्रीनाथ ने आज भोपाल में ट्वीट कर कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये राज्य में सराहनीय कदम उठाए गये हैं